लोगों के बीच इस बीमारी की रोकथाम के बारे में जागरूकता पैदा करने पर दिया जोर

आज अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस है यह दिवस समाज में लैंगिक समानता लाने महिलाओं की उपलब्धियां उजागर करने और प्रत्येक क्षेत्र में उनकी भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से मनाया जाता है इस वर्ष महिला दिवस का थीम है स्त्री पुरुष समानता की पीढ़ी महिला अधिकारों का सम्मान इस अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज राष्ट्रपति भवन में महिलाओं विशेषकर कमजोर और पिछड़े वर्गों की महिलाओं के सशक्तिकरण के क्षेत्र में विशेष योगदान करने वाले व्यक्तियों समूहों और संस्थानों को नारी शक्ति पुरस्कार प्रदान करेंगे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी नई दिल्ली में अपने निवास पर नारी शक्ति पुरस्कार विजेताओं से मिलेंगे अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री का ट्विटर अकांउट उपलब्धियां हासिल कर चुकी महिलाओं द्वारा संचालित किया जाएगा महिलाओं की शिक्षा और आत्मनिर्भरता के लिए केंद्र सरकार विभिन्न योजनाएं चला रही है इनमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण प्रमुख है महिला दिवस के मौके पर मूख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रदेश और देश की महिलाओं को बधाई और शुभकामनायें दी है श्री कुमार ने कहा कि महिलायें समाज का अभिन्न हिस्सा हैं वे अपनी प्रतिभा के बलब्रते विभिन्न क्षेत्रों में अलग पहचान बना रही हैं इस अवसर पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई की ओर से सभी स्मारकों में भारतीय और विदेशी महिलाओं का प्रवेश निःशुल्क रखा गया है वन और पर्यावरण विभाग ने आज राज्य के पार्कों में महिलाओं के लिये प्रवेश निःशुल्क कर दिया है पथ परिवहन विभाग ने पटना में सिटी बसों में महिलाओं के लिये आज मुफ्त यात्रा की सुविधा दी है वहीं पटना के जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पर फ्लाईट कंट्रोल ओर फ्लाईट संचालन की जिम्मेदारी महिला कर्मी हीं संभालेंगी इधर पूर्व मध्य रेल के सभी मंडलों में कई स्थानों पर पूर्ण रूप से महिला रेलकर्मी ट्रेन परिचालन के अलावा विभिन्न कार्यों का निष्पादन करेंगी

इस बैठक में स्वास्थ्य मंत्री डाक्टर हर्षवर्धन और विदेश मंत्री डाक्टर सुब्रह्मण्यम जयशंकर भी शामिल हुए प्रधानमंत्री ने कोरोना के संक्रमण से निपटने के लिये सभी विभागों के अब तक किए गए कार्यों की सराहना की उन्होंने कहा कि भारत को वर्तमान स्थिति का मुकाबला करने के लिए तैयार रहना चाहिए श्री मोदी ने कहा कि सभी विभागों को मिलकर काम करना चाहिए और लोगों के बीच इस बीमारी की रोकथाम के बारे में जागरुकता पैदा करने पर जोर देना चाहिए

परिवार में जो बाकी लोग होते हैं जनको भी इन्फेक्शन होने की आशंका ज्यादा होती है ऐसे में उनको भी जरूरी टेस्ट करा लेने चाहिए ऐसे साथियों को मास्क भी पहनने चाहिए गत्वस भी पहनने चाहिए और दूसरों से कुछ दूरी बना करके रहना चाहिए स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने त्वरित कार्रवाई के लिए राज्यों के बीच प्रभावी तालमेल की आवश्यकता पर जोर दिया है कोरोना वायरस के प्रसार पर असरदार अंकुश के लिए कदम उठाते हुए नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने कहा कि उड़ानकर्मियों के सांस संबंधी परीक्षणों से पहले उनके जूकाम बूखार और दूसरे लक्षणों की जांच होगी महानिदेशालय ने अपने आदेश में कहा कि एक डॉक्टर या चिकित्साकर्मी ड्यूटी के दौरान अपने कर्मियों उड़ानकर्मियों के अलावा हवाई अड्डे पर काम कर रहे लोगों के बुखार जुकाम खांसी नाक बहने और आंखों में धुंधलेपन संबंधी समस्याओं के स्कैन कराएगा महानिदेशालय ने कहा कि जिनमें इस तरह के लक्षण मिलेंगे उन्हें ड्यूटी से हटा दिया जाएगा उड्डयन महानिदेशालय ने कहा कि यह निर्देश तेरह मार्च तक प्रभावी रहेंगे राज्य सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव को लेकर प्रदेश के सभी ग्रामीण इलाकों में चौकीदारों को भी अलर्ट रहने का निर्देश दिया है राज्य के मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने कोरोना वायरस को लेकर राज्य के सभी जिलाधिकारी पुलिस अधीक्षक और सिविल सर्जन के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग की मुख्य सचिव ने कहा कि अब चौकीदार गांव में कोई संदिग्ध मरीज होने की सूचना मिलने पर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्रों को जानकारी देंगे उन्होंने होली के मौके पर बाहर से आने वाले लोगों पर विशेष रूप से नजर रखने का निर्देश दिया है इधर बेगूसराय के एक युवक को इस संक्रमण के संदेह में पटना के एनएमसीएच में भर्ती कराया गया है बैंकॉक से लौटने के बाद तबियत खराब होने पर इस युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है वहीं हमारे अररिया संवाददाता ने बताया कि जिले के फॉरबिसगंज की रहने वाली प्रिया देव चीन से सही सलामत अपने घर लौट आयी है चीन में रहकर एमबीएसएस की पढ़ाई करने वाली प्रिया दिल्ली में आइसोलेशन के बाद अपने घर लौटी हैं सिपाही बहाली परीक्षा के दूसरे चरण की परीक्षा आज प्रदेश के चार सौ तेरासी केंद्रों पर आयोजित की जा रही है पटना में सैंतीस केंद्रों पर परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है परीक्षा के मद्देनजर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किये गये हैं बिहार पुलिस के ग्यारह हजार आठ सौ अस्सी पदों पर नियुक्ति के लिये केंद्रीय चयन पर्षद दो पालियों में परीक्षा का आयोजन कर रहा है इस परीक्षा में लगभग छह लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे इधर पूर्व मध्य रेलवे पुलिस भर्ती परीक्षा के मद्देनजर आज विभिन्न रूटों पर कई विशेष ट्रेनों का परिचालन कर रहा है केंद्र सरकार ने बिहार सरकार के अनुरोध पर प्रदेश में अठारह करोड़ मानव दिवस सृजन के लिये बजट की स्वीकृति दे दी है इसके अंतर्गत अगले वित्तीय वर्ष दो हजार बीस इक्कीस में मनरेगा के तहत पैंतीस से चालीस लाख परिवारों को रोजगार मिलेंगे ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष में तीस लाख उनचास हजार परिवारों को मनरेगा के तहत रोजगार उपलब्ध कराते हुये बारह करोड़ बावन लाख मानव दिवस का सृजन किया गया है पटना सहित राज्य के विभिन्न हिस्सों में चक्रवाती हवा सक्रिय है जिसके कारण कई इलाकों में हल्की बूंदाबांदी हुयी है पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम में बदलाव देखा जा रहा है तेज हवा के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गयी है मौसम विभाग ने कहा है कि पटना सहित राज्य के कई हिस्सों में अगले चौबीस घंओं में तेज हवा और गरज के साथ बारिश हो सकती है पटना नवादा जहानाबाद और औरंगाबाद जिले के कई कांडों का आरोपी हार्डकोर नक्सली राम इकबाल मोची को जहानाबाद से गिरफ्तार किया गया है नालंदा जिले के इस्लामपुर थाना क्षेत्र के पितांबरपुर गांव में तालाब में डूबने से तीन बच्चियों की मौत हो गई वहीं भागलपुर जिले में गंगा नदी में नहाने गये ट्रिपल आईटी के दो छात्र लापता हैं एसडीआरएफ और गोताखोरों की मदद से इन दोनों की तलाश की जा रही है दोनों छात्र आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं जमुई जिले में बरहट थाना क्षेत्र के मलयपुर गांव में उत्पाद विभाग की टीम ने छापेमारी कर एक मकान से सत्तर बोतल विदेशी शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है पटना के आलमगंज थाना क्षेत्र के एनएमसीएच के पास से पुलिस ने सौ किलो गांजे के साथ एक महिला को गिरफ्तार किया है सारण जिले के दरियापुर थाना क्षेत्र में अपराधियों ने हथियार के बल पर स्टेट बैंक ग्राहक सेवा केंद्र के संचालक से एक लाख रुपए लूट लिये पश्चिम चंपारण जिले के बाल्मीकिनगर में बस पलटने से छह से अधिक स्कूली छात्र गंभीर रूप से घायल हो गये हैं सभी बच्चे राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय बरवा कला के हैं पटना में आयोजित ऑल इंडिया सिविल सर्विस वेट लिफ्टिंग पावर लिफ्टिंग और बेस्ट फिजिक टूर्नामेंट में बिहार की सुधा कुमारी ने संतावन किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है सुधा स्ट्रोंगेस्ट वुमन ऑफ द टूर्नामेंट भी घोषित की गयी हैं बिहार को इस टूर्नामेंट में एक स्वर्ण दो रजत और एक कांस्य पदक प्राप्त हुआ है बिहार की ओर से पम्मी कुमारी और प्रीति रानी ने रजत जबकि स्मिता कुमारी ने कांस्य पदक प्राप्त किया है भारतीय महिला क्रिकेट टीम आज मेलबर्न में ट्वेंटी ट्वेटी क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से खेलेगी मैच भारतीय समयानुसार दोपहर बाद बारह बजकर तीस मिनट पर शुरू होगा अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने महिला दिवस की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है मेलबर्न में आज होने वाले टी ट्वेंटी महिला विश्वकप क्रिकेट टूर्नामेंट की खबर को प्रकाशित करते हुये हिन्दुस्तान लिखता है बेटियों के लिये जग जीतने का आज ऐतिहासिक मौका दैनिक जागरण की सुर्खी है महिला दिवस को यादगार बनायेगी भारतीय महिला क्रिकेट टीम दैनिक भास्कर ने कोरोना वायरस की खबर को प्रधानमंत्री के हवाले से शीर्षक दिया है अफवाहें नहीं डॉक्टरों की सुने अखबार लिखता है देश में मरीजों की संख्या चौंतीस हुयी गया के छात्र की रिपोर्ट निगेटिव प्रभात खबर की सुर्खी है बीपीएससी की पैंसठवीं मुख्य परीक्षा का आवेदन बीस मार्च के बाद होगा शुरू और अब अंत में मुख्य समाचार आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है

लोगों के बीच इस बीमारी की रोकथाम के बारे में जागरूकता पैदा करने पर दिया जोर